स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिये वेबसाईट लॉन्च

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रधानमंत्री ने कहा कि द्रनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में देश के लिए नीति बनाना सर्वोपरि है श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं साउंड बाइंट एकात्म मानव दर्शन का उनका विचार मानव मात्र के लिए इसलिए जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्न होगा मानवता के कल्याण की बात होगी दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा एकात्म मानव दर्शन में विशेष रूप से इन तीन शब्दों व्यष्टि से सबस्विकी यात्रा व्यक्त होती है स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा का मार्ग स्पष्ट होता है और मैं नहीं तू ही का संकल्प भी सिद्ध होता है हमारे यहां कहा गया है स्वदे से पृज्यते राजा स्वदे से पृज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पृज्यते अर्थात सत्ता की ताकत से आपको सिमित सम्मान ही मिल सकता है जहां सत्ता ं की ताकत प्रभावी होगों वहीं सम्मान मिलेगा लेकिंन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है दीनदयाल जी इस विचार के साक्षात जीता जागता उदाहरण हैं केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो देश के कानून का उल्लंघन करते पाये जायेंगे अथवा फर्जी खबरें फैलाने और देश में हिंसा को उकसाने की कार्रवाई में लिप्त पाये जायेंगे राज्यसभा में आज टवीटर फेसब्रक व्हाट्सएप तथा लिंक्डइन का नाम लेते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इन प्लेटफार्म का देश में लाखों लोग उपयोग करते हैं उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जायेंगी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और राज्य के विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की प्रधानमंत्री से भेंट के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि राज्य के विकास से जुड़े तमाम बिन्दुओं पर चर्चा हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं

स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिये आज द इंडिया ट्वॉय फेयर का शुभारंभ किया गया केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका श्भारंभ किया इस अवसर पर श्री निशंक ने कहा कि खिलौना उत्पादकों को एक मंच पर लाने के लिये यह पहल की गयी है उन्होंने कहा कि इसी माह सत्ताईस तारीख से वर्चुअल प्लेटफार्म पर चार दिवसीय खिलौना मेले का आयोजन किया जायेगा इस मंच पर देश का यह पहला खिलौना मेला होगा

याचिका में महापौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं मामले की अगली सुनवाई पच्चीस फरवरी को होगी लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र अंतर्गत धनबाह गोपालपुर के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच मूठभेड़ में एक नक्सली मारा गया मारे गये नक्सली की पहचान जमुई जिले के बरहट का रहने वाला मंसा कोड़ा के रूप में हुई है पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि मारे गये नक्सली के पास से इनसास रायफल बरामद किया गया है जानकारी के अनुसार आसपास के जंगलों में भी सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है प्रदेश में अब तक चार लाख उनतीस हजार सात सौ साठ लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इनमें तीन लाख नब्बे हजार दो सौ पचास स्वास्थ्य कर्मी और उनतालीस हजार पांच सौ दस अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक लक्ष्य का उनासी दशमलव चार प्रतिशत टीकाकरण किया जा चुका है इसके साथ ही कोविड टीकाकरण के मामले में बिहार लगातार दूसरे सप्ताह देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है कटिहार में आज राजकीय रेल पुलिस से जुड़े कर्मियों का टीकाकरण किया गया इसके अंतर्गत सात सौ पुलिस कर्मियों का टीकाकरण किया जायेगा कटिहार रेल पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार मिश्रा ने भी कोविड का टीका लिया है उन्होंने इसे पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए लोगों से अपनी बारी आने पर टीके लेने की अपील की

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव एक तीन प्रतिशत हो गयी है अब तक इस महामारी से दो लाख उनसठ हजार से अधिक लोग ठीक हुए हैं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड को देखते हुए दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि परीक्षार्थियों के साथ साथ केन्द्र पर मौजूद हर कर्मचारी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा सभी परीक्षार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी परीक्षा हॉल के अंदर बैठने में सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन किया जायेगा उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर साबुन सेनेटाइजर और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी श्री भारद्वाज ने कहा कि हर केन्द्र पर एक आइसोलेशन कक्ष भी बनाया जायेगा जिसमें उन छात्रों की परीक्षा ली जायेगी जिनके शरीर का तापमान मानक से अधिक होगा या उनमें सर्दी खांसी के लक्षण होंगे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण कर लिया पदभार ग्रहण करने के बाद श्री चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार उनकी प्राथमिकता होगी श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक आयें उनका विभाग इसके लिये हरसंभव उपाय करेगा

इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने कहा कि विभाग के अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना उनकी प्राथमिकता होगी मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत उन्नीस लाख से अधिक रोजगार के अवसर विकसित किये जायेंगे प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है धूप खिली रहने से ठंड में कमी आयी है

कला संस्कृति और यूवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज पटना के पाटिलपुत्र खेल परिसर में आयोजित समारोह में चयनित खिलाड़ियों को सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया रग्बी खिलाड़ी स्वीटी कुमारी तथा श्वेता शाही और ताईक्वांडों खिलाड़ी रंजीत कुमार को दस दस लाख रूपये की राशि सम्मान स्वरूप दी गयी इसके अतिरिक्त तीन सौ पचास राष्ट्रीय स्तर के सामान्य और दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया चार प्रशिक्षकों भवेश कुमार नीरज कुमार मुकेश कुमार और संदीप कुमार को एक एक लाख रूपये की सम्मान राशि दी गयी मौनी अमावस्या के अवसर पर आज राज्य भर में श्रद्धालुओं ने गंगा गंडक कोसी बागमती समेत विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान किया स्नान के बाद प्रजा अर्चना कर लोगों ने गरीबों के बीच दान पुण्य किया उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज रोहतास जिले के संझौली में राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत दरभंगा से कोलकाता के बीच चौदह फरवरी से एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जायेगा यह ट्रेन दरभंगा से हर रविवार और बुधवार को दोपहर तीन बजकर सैंतालीस मिनट पर कोलकाता के लिये खुलेगी जमुई जिले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किये गये एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए पांच साल जेल की सजा सुनायी है

स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिये वेबसाईट लॉन्च